मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारम्भ किया

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को बधाई देते हुए कहा कि अब यहां के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली और लखनऊ नहीं भागना पड़ेगा महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के इस नवनिर्मित सूपर स्पेशलिटी ब्लॉक में नेफोलॉजी न्यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी सहित छह अलग यूनिटें बनी हैं इसमें गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को त्वरित इलाज की सभी सुविधाएं मिलें गी

उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी को दूर करके सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना आज साकार हो रहा है अपने झांसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जिले के मण्डलीय सभागार में विकास कार्यो की समीक्षा भी की उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को समय से दिये जाने के लिये उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया मूख्यमंत्री ने आयूष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के पत्रों के वितरण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड कैम्प आयोजित कर बनाये जायें ताकि गरीबों को इलाज में मदद मिल सके मुख्यमंत्री ने पाइप पेयजल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सम्पूर्ण बुन्देलखंड के गांवों में घर घर पाइप पेयजल से आपूर्ति की जायेगी इसके लिए नौ हजार करोड़ रूपये का बजट रखा गया है मुख्यमंत्री ने कल झांसी में रैन बसेरों का भी निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने वहां रहने वाले लोगों से बातचीत की और उन्हें कम्बल वितरित किये जीएसटी से जुड़े विभिन्न पक्षों से नई रिटर्न पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कल राष्ट्रव्यापी जीएसटी फीडबैक दिवस मनाया गया इसका उद्देश्य अगले वर्ष पहली अप्रैल से लागू की जा रही नई जीएसटी रिटर्न पर उसी समय प्रतिक्रिया लेना था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि जीएसटी पक्षों की ओर से बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं मिलीं जिनमें कई उपयोगी सुझाव भी दिए गए हैं करदाताओं समेत फीडबैक दिवस में शामिल लोगों ने इसे फायदेमंद बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से जीएसटी रिटर्न भरने से संबंधित प्रश्नों का सही उत्तर देने में मदद मिलेगी जीएसटी की वरिष्ठ अधिकारी कनिका द्रआ ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य जीएसटी करदाताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करना है विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार ने जघन्य अपराधों को शीघ्रता से निपटाने के लिए देश में सात सौ से ज्यादा फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की हैं बाइट देश में बेटियां बहनों के साथ जो हो रहा है उसके कारण गुस्सा है और जो हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसको इस गुस्से को समझना पड़ेगा और त्वरित न्याय की व्यवस्था करनी पड़ेगी इसलिए भारत सरकार ने एक हजार तेईस फास्टट्रैक कोर्ट की स्थापना प्रस्तावित की है राज्य सरकारों के साथ जो लगभग चार सौ पर सहमति बन गई है और एक सौ साठ से अधिक ऑपरेशनल भी हो गया है इसके अलावा पूर्व से सात सौ चार फास्ट्रट्रैक कोर्ट चल रहे हैं

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि मुंबई कोलकाता कानपुर दिल्ली नोएडा और हैदराबाद सहित कई अन्य स्थानों पर छापे मारे गये इसमें शेयर ब्रोकर और व्यापारियों के गैर नकदी कारोबार की समूची कार्य प्रणाली सामने आई है छापों के दौरान एक करोड़ बीस लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई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

गन्ना विकास विभाग के प्रमुख सचिव आरभूसरेड्डी ने कल इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया इस बीच गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाये जाने से मुजफ्फरनगर सहित विभिन्न जनपदों में किसानों ने रोष प्रकट किया है उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षो से गन्ना मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है

घायलों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राममनोहर लोहिया और हिन्दूराव अस्पताल में भर्ती कराया गया ह दिल्ली पुलिस के जनसम्पर्क अधिकारी एम एस रंधावा ने बताया कि इस मामले को अपराध शाखा को सौंप दिया गया है दिल्ली सरकार ने दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं जिलाधिकारी से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मृतकों के परिवारों को दस दस लाख रूपये और घायलों को एक एक लाख रुपये का मुआवजा देने तथा निःशुल्क उपचार कराने की घोषणा भी की है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि तथा गंभीर रूप से घायलों को पचास पचास हजार रुपये देने की घोषणा की है उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता का आज उन्नाव जिले के बिहार क्षेत्र में उसके पैतृक गांव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया अंतिम संस्कार के समय बड़ी संख्या में लोगों के अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल देर शाम पीड़िता के शव को दिल्ली से उन्नाव उसके पैतृक गांव लाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और कमल रानी वरूण ने कल दिवंगत पीड़िता के गांव पहुंच कर उसके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी राज्य सरकार की ओर से दिवंगत पीड़िता के पिता को पच्चीस लाख रूपये की आर्थिक सहायता का चेक दिया गया लखनऊ मण्डल के कमिश्नर मुकेश मश्राम ने आज बताया कि उन्नाव द्ष्कर्म पीड़िता के परिवार के सदस्यों के लिए पधानमंत्री आवास योजना के तहत दो घर दिये जायेंगे उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को उपयुक्त नौकरी की व्यवस्था भी की जायेगी राज्य सरकार ने कहा ह कि वह महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जायेगा ताकि पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवार के सदस्यों को कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिये गये हैं मऊ जिले में आज वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो का उद्घाटन सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनिल कुमार श्रीवास्तव ने किया इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस एक्सपो में जहां स्थानीय बुनकरों को दूसरे जिलों की बुनकरी कला से परिचित होने का अवसर मिलेगा वहीं खरीददार उचित मूल्य पर हैण्डलूम उत्पादों को खरीद सकेंगे